जनता कर्फ्यू आज समूचा देश जनता कर्फ्यू का पालन कर रहा है इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के फैलाव पर काबू पाने के लिए लोगों से स्वेच्छा से घरों के भीतर बने रहने की अपील की थी सार्वजनिक परिवहन नही चलेगा या सीमित तौर पर इसका प्रचालन होगा आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से संबंधित दुकानों को छोड़ कर सभी बाजार और दुकाने बंद रहेंगी जनता कर्फ्यू स्वैच्छिक अभियान है जो सुबह सात बजे से शुरू होकर रात नौ बजे तक चलेगा

प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन आज बंद रहेगा वहीं सेंकड़ो रेल गाडियों को भी रद्द किया गया है

इस दौरान निजी वाहनों को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा खंडवा में सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने लोगों से देशहित समाजहित और स्वहित में जनता कर्फ्यू को समर्थन देने की अपील की है उधर जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने भी लोगों से जनता कफ्यू का अनुपालन करने का आग्रह किया है बड़वानी देवास पन्ना शिवपुरी में जनता कफ्यू को देखते हुए सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिये गये हैं मंडला कलेक्टर ने लोगों से इसमें सहयोग की अपील की है कोरोना प्रदेश प्रदेश के करीब दर्जनभर जिलों में कोरोना वायरस संकमण से बचाव के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है इन जिलों में जबलपुर नरसिंहपुर सिवनी छिंदवाड़ा बालाघाट बैतूल रीवा मंडला और ग्वालियर शामिल हैं जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया है कि शहर में कोरोना वायरस से चार नागरिकों के संक्रमित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने शहर की दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद करवाकर नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने घरों से ऐहतियातन बाहर नहीं निकलें

राजगढ़ धार इंदौर डिंडोरी भिण्ड में कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता बरती जा रही है

श्री रेड्डी कल मंत्रालय में आयोजित धर्म गुरूओं की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे मुख्य सचिव ने श्री रेड्डी ने कहा कि धर्म गुरूओं की समझाईश से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि एक स्थान पर एक समय में अधिक भीड़ एकत्रित ना हो धार्मिक समारोह त्योहार शादी विवाह आदि के आयोजनों में भी सावधानी बरती जाये मेडिकल कॉलेज केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदेश के दो जिलों में नये मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति प्रदान की है केन्द्रीय सहायता योजना में स्वीकृत ये कॉलेज खरगोन जिले के महेश्वर और सिगरौली में खोले जायेगे

ड्रोन कोरोना बचाव देषभर में इन दिनों कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं फिलहाल इंदौर में कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति नहीं मिला है लेकिन इससे बचाव के लिए सभी एहतियातन उपाय जारी हैं इसी कड़ी में नगर निगम ने षहर के प्रमुख भीड़ वाले स्थानों पर ड्रोन के माध्यम से दवा का छिड़काव करने का फैसला किया है